भारतीय रेलवे ने आर्थिकता के उभार के लिए माल दुलाई सम्बधी कई छूटो की घोषणा की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को प्लास्टिक मुक्त करने का आह्रान किया मुख्यमंत्री ने कपड़े के थैलो को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता वाहनों को रवाना किया जन नायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र सात उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

इस सूची अब केवल दो व्यक्ति रह गए है सूत्रों का कहना है कि मूल्यांकन का यह कार्य लगातार चलने वाली प्रक्रिया है इस मूल्यांकन के बाद सूची से बाहर किए गये सिक्ख समूदाय से सम्बधित विदेशी नागरिकों के लिए भारत में आकर अपने परिवारिक सदस्यों को मिलना और अपनी जड़ो से जुड़ना संभव होगा

कुछ सिक्ख भारतीय नागरिक यहां से भाग गये थे उन्होंने भारत से बाहर शरण ले थी और विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली थी

इसमें वे लोग भारत यात्रा के लिए बीज़ा प्राप्त करने के अयोग्य हो गये थे भारतीय दुतावासों मे एक स्थानीय काली सूची रखी जाती थी इन सूचियों मे शामिल लोगों विशेषकर सिक्ख समुदाय से स्म्बंधित व्यक्तियों और उनके परिवार के लोगों को वीज़ा सुविधायें उपलब्ध नहीं थी अब यह सिलसिला भी हटा दिया गया है जिसके परिणाम रूवरूप विदेशो में सभी द्रतावासों को सलाह दी गई है कि वे श्रेणियों के पनाहगारों और उनके परिवार के सदस्यों को उचित वीज़ा प्रदान करे जिनके नाम केन्द्र की काली सूची मे शामिल नहीं है

भारतीय रेलवे ने आर्थिकता को उभारने के लिए माल दुलाई सम्बधी कई छूटों की घोषणा की है

इसमें छोटे आकार वाले सामान और सीमेंट स्टील खायान और उर्वरकों की लदाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है

माल ढ़लाई को बढ़ावा देने के लिए वाहन क्षेत्र के लिए दी जाने वाली रैक की संख्या में वृद्वि की गई है सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व वितमंत्री पी चिदम्बरम को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले मे समपर्ण करने बारे याचिका रद्द कर दी है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल शहर को प्लास्टिक मुक्त करने का आह्वान किया है मुख्यमंत्री आज करनाल मे स्वच्छता प्लास्टिक रहित अभियान के तहत नगर निगम के दो वाहनों को झंडी दिखाने से पहले सम्बोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कपड़े के थैले देने के लिए चलता फिरता बैग बैंक नाम का वाहन भी चलाया गया है यह नगर निगम का सराहनीय प्रसास है जिसके बेहतर परिणाम सामने आयेंगे मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अच्छे प्रयासों के लिए मेयर आयुक्त निशांत कुमार यादव व डीएमसी सहित पार्षदो की सराहना भी की उन्होंने बताया कि ये वाहन शहर में जाकर आज जनता द्रकानदार व ग्राहकों को पौलिथीन की थैलियों में सामान न लेकर कपड़े के थैलों के का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने का काम करेगा

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस वाहन पर लगी बड़ी क्षमता की सीवर सेक्शन मशीन शहर के रूके हये सीवरों को कुछ ही देर में खोल देगी

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि अब शहर में बिजली ओवरलोड की समस्या के कारण उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी

बिजली निगम के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शहर में ओवरलोड संबंधी समस्याओं का स्थाई निवारण हो जाएगा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन आज पुरानी तहसील परिसर में बिजली निगम द्वारा ओवरलोड की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगाए गए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का श्रभारंभ करने के मौके पर बोल रहे थे उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोइने के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला होनाचाहिए न्यायमूर्ति दीपक ग्रप्ता और अनिरूद्व बोस की पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अभी यह नहीं जानता कि इस मुद्दे पर पर वह फैस्ला ले या उच्च न्यायालय पीठ ने कहा कि इस मामले के ग्रणदोष में नहीं जायेगी और फेसब्क की याचिका पर फैसला देगी फेसब्क ने याचिका में मद्रासख बाम्बे और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन ऐसे मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय मे करने की मांग की है केन्द्र सरकार की ओर मुख्य न्याय अधिवक्ता त्षार मेहता ने न्यायालय को बताया कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालय में भेजने पर पीठ को कोई आपति नहीं है जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा च्नाव के मद्देनज़र आज अपने सात उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है मिली जानकारी के अनुसार हथीन से हर्ष कुमार नारनौल से कमलेश कुमार और बावल से शाम सुदंर को चुनाव मैदान में उतारा गया है इसी तरह नारनौंद से राम कुमार गौतम महेंन्द्रगढ़ से राव रमेश पालड़ी पानीपत से देवेंद्र कादियान और उकलाना से अनूप धानक को उम्मीदवार बनाया गया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों की घोषणा शीध्र हो सकती है हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री श्री मनीष क्मार ग्रोवर ने कहा कि स्वच्छता के मामले में रोहतक को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर रहा है